आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा

उनके लिए देश की ज़िम्मेदारी अपने कन्यों पर लेने का अवसर आ गया है मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को ज़रूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उन्नीस सौ बयालिस में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था सुभाषबाद् का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज़ था यो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे दिस इज सुभाष चन्द्र बोस स्पीकिंग दू यू ओवर द आजाद हिन्द रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने ही मिशन पिछले चार वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चन्द्रयान द्वितीय मिशन के तहत चन्द्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माईइज्ज्तघर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया श्री मोदी ने हाल ही में दिवंगत हुए कर्नाटक के सिद्वगंगा मठ के प्रमुख श्री श्री श्री श्री शिव कुमार स्वामीजी को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने संत रविदास का विशेष रूप से स्मरण किया जिनकी जयंती उन्नीस फरवरी को मनाई जायेगी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दस से अट्ठाईस जनवरी तक अभियान चलाकर मातृ शिष् कल्याण और स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधा दिलायी जायेगी यह अभियान दो चरणों में चलाया जायेगा इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह मातु एवं शिशु परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुण जोशी और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि सक्षम बैनर के तले कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित नेत्र कूंभ में लोगों को स्वैच्छिक नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से कुंम मेले में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों के माध्यम से नेत्रदान महादान के संकल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है देश भर से आये श्रद्वाल पर्यटक और कल्पवासियों को इसका लाम मिल रहा है नेत्र कुंभ के आयोजक और एनजीओ सक्षम के महासचिव कमलाकांत पांडेय ने आकाशवाणी को बताया चिकित्सालयों में किस प्रकार से त्रंत ट्रांसप्लांट हो हमारा यहां निःशुल्क उनको हम कोर्निया लगाने का प्रयास कर रहे इस बार का आधुनिक कुंभ विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपने मानव कल्याण के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है

घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना एक ट्रक से आगे निकलने के प्रयास में हयी